अपर मुख्य सचिव गृह एवं सुचना अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सड़कों पर लोगों की आवजाही पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता है उन्होंने यात्रा करके आ रहे व्यक्तियों को क्वारंटीन केंद्रों में रखना सनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कम्युनिटी किचन श्रू करने के निर्देश दिए हैं ताकि निराश्रित लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के इस समय में मनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा श्री योगी ने जिलाधिकारियों द्वारा जारी की गयी आवश्ययक वस्तुओं के दामों की सुची को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिये हैं दिल्ली के निजामृद्दीन पश्चिम क्षेत्र में इस महीने के आरम्भ में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले चौबीस लोगों में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की पृष्टि हई है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने आज कहा कि दिल्ली के निजामृद्दीन इलाके में स्थित मरकज में लगभग पन्द्रह सौ से सत्रह र्स लोग इकट्टा हए थे इनमें से कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हई है संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सात सौ लोगों को क्वारंटीन केन्द्र में भेजा गया है इस कार्यक्रम में प्रदेश से भी कई लोगों के भाग लेने की सूचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन व्यक्तियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की खबर है उनकी जिला स्तर पर तत्काल जांच करायी जाए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित मरकज में बलरामपुर बहराइच और सिद्धार्थनगर जनपद के भी कई लोगों ने भाग लिया था उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तत्काल अपने जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सुचित करना चाहिए केन्द्र ने एक फरवरी के बाद अमान्य हए ड्राइविंग लाइसेंस परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की सत्यापन अवधि तीस जून तक बढ़ा दी है यह फैसला कोविड नाइन्टीन महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच मालवाहनों का निर्वाध परिवहन बनाए रखने के लिए किया गया है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दस्तावेजों को तीस जुन तक वैद मानने का निर्देश दिया है इन दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र सभी प्रकार के परमिट ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण या मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर संजीव भोई ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सामान्य खांसी है और ठंड लग रही है लेकिन वह विदेश नहीं गया है अथवा कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया है तो उसे जांच कराने की आवश्यकता नहीं है एम्स के ही एनेस्थिसियोलॉजी विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने सलाह दी है कि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं को पर्यात आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्त्ओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि ये बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मूंह को छूने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक सादन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खांसी या दुखार से पीडित व्यक्तियों को दुसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच